केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया

साथ ही नामांकन भरते समय सिर्फ चार लोग ही साथ जा सकेंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में देर रात हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किये गये

पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में पहली सूची के नामों पर मुहर लगेगी कांग्रेस प्रदेष अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस इस बार अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहमति से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याषियों के नाम तय करेगी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज शाम तक जारी कर सकती है

सीकर से हमारे सवांददाता ने बताया कि पार्टी ने सीकर चूरू झुंझुनूं श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर जोधपुर कोटा और नागौर जिले में प्रत्याशियों के नामों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भाजपा में उठापठक जारी है आज कांग्रेस के अभिनेश महर्षि भाजपा में शामिल हो गये नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि इस बार फिर से राजस्थान में भाजपा की ही सरकार बनेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दूरदर्शन आकाशवाणी और निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं

माओवाद प्रभावित दस निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और यह दोपहर बाद तीन बजे तक चलेगा शेष निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से वोट डाले जा रहे हैं इन क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं केन्द्रीय संसदीय कार्य और रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार का आज तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया

उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो पुत्रियां हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों और नेताओं ने अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को बहुत बडा नुकसान हुआ है

आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है

महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था